मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोडा ने मतदाता सूचियों में महिलाओं का पंजीकरण बढाने के लिये कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये भारतीय सेना ने टैंकरोधी गाइडेड मिसाईल नाग का पोकरण में किया सफल परीक्षण झालावाड़ में खसरा रूबेला रोग की रोकथाम के लिये निकाली गई जागरूकता रैली

साथ ही स्कूलों में खेलकूद गतिविधियों के लिये विधार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढोतरी की गई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को विशेष रूप से सम्मानित किया जायेगा

वहीं सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव के लिये बजट दिया जायेगा उन्होंने शिक्षकों के तबादलों पर बात करते हुए कहा कि इसके लिये ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे

मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य की मतदाता सूचियों के आंकडो का विश्लेषण करते हये निर्देश दिये कि जिन जिलों में महिलाओं का पंजीकरण कम है वहॉ पर कार्ययोजना तैयार कर उनका पंजीकरण निर्धारित मापदंड के अनुसार किया जाये

श्री अरोडा ने सुझाव दिया कि कच्ची बस्तियों में पंजीकृत मतदाताओं का सर्वे कराकर डाटाबेस तैयार किया जाये उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर को एक माह के अन्दर कार्यवाही करने के निर्देश दिये श्री सुनील अरोडा ने राज्य में मतदाता सूचियों को किस प्रकार शुद्ध एवं त्रटि रहित बनाया जा सकता है तथा निर्वाचन से जुड़े हये सभी अधिकारियों के समय एवं श्रम का अधिकतम सद्रपयोग किस प्रकार किया जा सकता है के संबंध में सभी अधिकारियों से सुझाव मांगे तथा उन पर विस्तार से चर्चा की श्री अरोड़ा का यह भी कहना था कि निर्वाचन विभाग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की एकीकृत सूची होनी चाहिये इस संबंध में भी राज्य निर्वाचन आयोग के साथ विचार कर प्रस्ताव तैयार किये जाये

उन्होंने कल मुम्बई में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की रिजर्व बैंक ने बताया कि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के ऋण संकट के समाधान के लिए बजट के बाद की गई पहल और इस समस्या को दूर करने में बैंकों की भूमिका पर बातचीत हुई श्री शक्तिकांत दास ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था की मजबूती और विस्तार पर भी बल दिया

वीडियो संदेश में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो ऑपरेटर दूरदर्शन के चैनल नहीं दिखा रहे हैं वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डी आर डी ओ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है रक्षा मंत्री ने कहा कि मध्यम और कम दूरी वाली सभी मिसाइलों ने सटीक निशाने पर मार की

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही आंधी के साथ जिले के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों के हमले के बाद इन पर नियंत्रण की कार्यवाही की गयी वहीं अब पाकिस्तान की ओर से केन्द्र सरकार को अलर्ट किया गया है

एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

कार्यक्रम सवेरे ग्यारह बजे प्रसारित होगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने लोकतंत्र के महत्व का उल्लेख किया था

इसी कडी में आज जिले के झालरापाटन में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने रैली निकालकर इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया

रैली को उप महानिरीक्षक गुरूपाल सिंह और पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा तथा कमाडेंट श्याम कपूर ने झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर बीएसएफ के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे